गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार अर्धसैनिक बलों के जवानों को सौ दिन का अवकाश सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में लोक अधिकार मंच के साथ भाजपा ने समर्थन रैली निकाली देहरादून में एफटीआईआई ने आज ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र आज अपने युवाओं की बदौलत नई ऊंचाइयां छूने की प्रतीक्षा कर रहा है

श्री मोदी ने कहा कि हमारी युवा पीढी को अराजकता से नफरत है और वह अव्यवस्था तथा अस्थिरता को भी बर्दाश्त नहीं करती प्रधानमंत्री र्न कहा कि हमारी नई पीढी नई व्यवस्था नई प्रणाली नए जमाने और नए विचारों को परिलक्षित करती है उन्होंने कहा कि देश युवाओं से उम्मीद करता है कि वे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक के लिए आत्म निर्भर बनना और गरिमामय जीवन जीना बहत जरूरी है

प्रधानमंत्री ने हाल में संपन्न हुए संसद के सत्र को काम काज निपटाने के लिहाज से बहुत उपयोगी रहने और काम निपटाने का पिछले साठ साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सांसदों की सराहना कीं

मन की बात प्रदेश प्रदेशभर में लोगों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर मन की बात कार्यक्रम को सुना राजधानी देहरादन समेत समी जगह घरों और अपने प्रतिष्ठानों में लोगों ने कार्यक्रम को सुना और सराहना की देहरादन के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढने की प्रेरणा देते हैं पौड़ी जिले में ग्रामीणों ने रेडियो पर प्रधानमंत्री के विचारों को सुना पोखड़ा ब्लॉक के बोरगांव में ग्रामीणों ने मन की बात में स्थानीय उत्पादों को बढावा देने की प्रधानमंत्री की अपील की सराहना की युवाओं को स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देकर प्रधानमंत्री ने जो बातें बताइए वो उन्हें काफी पसंद आयी ग हमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है कि अर्द्धसैनिक बलों के प्रत्येत जवान को प्रतिवर्ष सौ दिन अपने परिवार के साथ बिताने का अवसर मिले आज नई दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व प्रलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने यह बात कही श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की रक्षा में लगे जवानों के परिवारों का ख्याल रखने का वचन दिया है उन्होंने कहा कि जवानों के परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे उन्होंने सीआरपीएफ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह विश्व का सबसे शक्तिशाली अर्द्धसैनिक बल है अमित शाह ने राष्ट्र की सेवा करते हुए अपना बलिदान देने वाले सीआरपीएफ के दो हजार से ज्यादा जवानों को श्रद्धांजलि दी

रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजट भट्ट देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और कई जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए रैली के दौरान समी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना इस मौके पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएए किसी से नागरिकता छीनने का कानून नहीं है

समर्थन रैली में पाकिस्तान से आये शरणार्थी भी पहुंचे उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए सरकार का आमार जताया

एफटीआईआई पुणे के निदेशक भूपेन्द्र कैंथोला ने बताया कि वर्तमान समय में फिल्म क्षेत्र में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता है उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि इस क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले युवा पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी में जूट जाय श्री कैंथोला ने कहा कि फिल्म क्षेत्र में रूचि रखने वाले यूवा इस प्रवेश परीक्षा में अवश्य शामिल हो एक बार सफल न होने पर फिर से कोशिश करें

देहराद्न शहर भी परीक्षा केन्द्र के रूप में शामिल किया गया है सूचना विभाग के उप निदेशक के एस चौहान ने कहा कि यह कार्यशाला उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी मवेशियों में रोग अल्मोड़ा धौलादेवी विकासखंड के बुद्धिमंडल गांव में मवेशियों में होने वाले खुरपा रोग के तेजी से फैलने की खबर है बताया जा रहा है कि ्गांव की कई बकरियां इस बीमारी की चर्षट में आ गई हैं जिसके चलले ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों के मुताबिक इस बीमारी के चलते उन्हें अब अपने दुधारू पशुओं में भी इस रोग के फैलने का डर सता रहा है वहीं ग्रामीण प्रशासन से जल्द ही इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पश् चिकित्सक और बीमारी के चलते मरने वाली बकरियों से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं